प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांचवें पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिन की यात्रा पर अब से थोड़ी देर बाद रूस के व्लादिवोस्तोक रवाना होंगे प्रधानमंत्री पांचवें पूर्वी आर्थिक मंच में मुख्य अतिथि होंगे

रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि व्लादिवोस्तोक की उनकी यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र की पहली यात्रा है उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने के इच्छ्क हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से इस क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच आपसी लाभदायक सहयोग में विकास की अपार क्षमता मिलेगी उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अनूठे संबंध हैं जो महत्वपूर्ण भागीदारी की नींव पर टिके हैं उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते व्यापार तथा निवेश के अवसर है प्रधानमंत्री रूस में ज्वेजदा पोत निर्माण परिसर भी जाएंगे ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जहाज निर्माण के क्षेत्र में रूस की उत्कृष्ट क्षमताओं को जानने के साथ साथ इस क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशने का बड़ा अवसर मिलेगा

योग को लोकप्रिय बनाने के लिए एक ऐप का भी शुभारंभ होगा विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है

इस अवसर पर कई सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं बाइट कोयले के निर्यात को लेकर कोल इंडिया और रूस की कंपनी के बीच तथा खनन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण और रूसी कंपनी के बीच अनेक सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है ऑडियो विज्यूल ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन चेन्नई और व्लादिवोस्तिक के बीच समुद्री मार्ग के विकास सहित महत्वपर्ण क्षेत्रों में व्यापार संबंधी अनेक सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर होंगे विभिन्न मुद्दों पर कुछ समझौतों के अलावा प्रधानमंत्री शिखर वार्ताओं के दौरान कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और पाइप के माध्यम से पेय जल उपलब्ध करा रही है बाइट जो साउनी योजना हो या फिर सुजलाम सुफलाम योजना इन दोनों योजनाओं ने जो गति पकड़ी है उससे आज गुजरात के लाखों परिवारों को सुविधा मिल रही है गुजरात में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है और मुझे खुशी है कि जल संचयन हो या गांव गांव जल पहुंचाने का अभियान गुजरात ने इसमें अपनी एक महारत हासिल की है प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही

प्रधानमंत्री ने बाद में विज्ञान भवन में उपसंथित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए गुजरात के विकास के लिए राज्य सरकार के उपायों का उल्लेख किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ मे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता और मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये लखनऊ में पचास एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई राजधानी के बाहरी छोर पर स्थित चकगजरिया में पचास एकड़ भूमि पर यह चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा मुरादाबाद की कांठ तहसील में बस स्टैंड निर्माण के लिये भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी

प्रदेश में सभी निगमों विभागों और आयोग के अध्यक्षों को प्रतिमाह दस हजार रूपये भत्ता देने के निर्णय को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी

इसके अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन कराया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी युवराज सिंह का कल अपना नामांकन कराने का कार्यक्रम है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नौशाद अली ने विगत दिवस अपना नामांकन दाखिल कर दिया था तेईस सितम्बर को होने वाले इस उपचुनाव के नामांकन के लिये कल चार सितम्बर आखिरी तारीख है नामांकन की जांच पांच सितम्बर को की जायेगी और प्रत्याशी सात सितम्बर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे भाजपा के हमीरपुर सदर विधायक अशोक सिंह चन्देल को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है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

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के विरुद्ध हिंसा और अस्पतालों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुद्दों पर कानून लाने का प्रस्ताव किया है प्रस्तावित विधेयक में किसी डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट करने पर दस साल की सजा और दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है

प्रदेश सरकार ने कल देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के बीस अधिकारियों के तबादले कर दिये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक संजय प्रसाद और खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त आलोक कुमार तृतीय को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है वहीं मुकेश कुमार मेश्राम को लखनऊ का मंडलायुक्त बनाया गया है अपर मुख्य सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कुमार कमलेश को नियोजन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में नियुक्त किया गया है गन्ना आयुक्त मनीष चौहान को खादय एवं रसद विभाग का आयुक्त बनाया गया है संजय भूस रेड्डी को गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है रामयज्ञ मिश्र को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर का एमडी नियुक्त किया गया है समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आजम खान का जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मुकदमो को लेकर बचाव किया और उन्हें एक कर्मठ और ईमानदार नेता बताया लगभग ढाई सालों के बाद पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कांफ्रेंस का संबोधित करते हुए मुलायम ने कहा कि जानबूझ कर आजम की छवि को खराब करने के लिये उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आजम खां के बचाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत है जिसमें वह स्वयं भी हिस्सा लेंगे श्री यादव ने कहा कि आजम खां एक राष्ट्रीय नेता है और वह देश में लोकप्रिय हो रहे हैं इसलिये उनको जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा ह श्री यादव ने कहा कि श्री खां के खिलाफ सत्ताईस मुकदमे दर्ज कराये गये हैं

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी सरकार के दौरान आजम खां द्वारा की गई जमीनो की लूट को सही ठहराने के लिए मुलायम सिंह यादव को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे है बाइट शाहजहांपुर कथित दुष्कर्म मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिये विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया है मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक लोक शिकायत नवीन अरोड़ा की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित किया गया है जिसमें भारती सिंह सेना नायक इकतालीस वाहिनी पीएसी गाजियाबाद को नामित है इनके अलावा इस दल में स्वच्छ छवि के अन्य पुलिस कर्मी सम्मिलित किये जायेंगे यह जांच दल शाहजहांपुर प्रकरण में आरोपों की जांच और दर्ज अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना करेगा सरकार ने कथित दुष्कर्म पीड़ित विधि छात्रा और उसके परिवार के सदस्यों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के शाहजहांपुर जनपद पुलिस को निर्देश दिये हैं गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने कल इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिये प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिये थे